सक्रिय मामलों की संख्या उन्नीस हजार एक सौ सैंतीस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के विचार के साथ आगे बढ रहा है श्री मोदी ने कल आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविन्द कृष्ण के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत में निवेश करने का यह उत्तम समय है उन्होंने कहा कि सरकार घर से काम करने की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश एकीक़त तकनीक और डेटा आधारित बेहतर देखभाल प्रणाली विकसित कर रहा है जो किफायती तथा बाधा रहित है कारोबार संस्कृति पर कोविड नाइन्टीन के प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर से काम को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है और सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी और नियामक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है उन्होंने आईबीएम में पचहत्तर प्रतिशत कर्मचारियों के घर से काम करने के निर्णय से संबंधित सहायक तकनीक और चुनौतियों पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ मिलकर देश के दो सौ स्कूलों में कृत्रिम बुद्विमत्ता एआई का पाठ्यक्रम जारी करने में आईबीएम की भूमिका की सराहना की प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ी संख्या में कोविड नाइन्टीन के लक्षणरहित मरीज बीमारी को छ्पा रहे हैं जिससे संक्रमण और बढ़ सकता है होम आइसोलेशन के दौरान मरीज और उसके परिवार को सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड नाइन्टीन से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए उन्होंने मास्क लगाने और दो गज की दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आरोग्य सेत् ऐप और आयष कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घर घर जाकर मेडिकल जांच की जाए और संदिग्व मरीजों का रैपिड एन्टीजन टेस्ट किया जाए कोविड नाइन्टीन से होने वाली मृत्यू की दर को न्यूनतम रखने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर नगर गोरखपुर वाराणसी बस्ती प्रयागराज बलिया बरेली झांसी और मुरादाबाद में चिकित्सकों की विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं देश में तेजी के साथ कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की जा रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन को वैक्सिन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में एक सौ स्वस्थ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी श्री गुलेरिया ने कहा कि दूसरे चरण में मानव परीक्षण के लिए बारह से पैंसठ वर्ष के सात सौ पचास लोगों का चयन किया जाएगा उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और बहुत सारे लोगों ने मानव परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराया है उन्होंने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की दिशा में यह एक बहत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश की बड़े स्तर पर दवा व वैक्सीन उत्पादन की क्षमता मांग की पूर्ति करने में सहायक होगी सामुदायिक संक्रमण से संबंधित सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इसके सबूत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण हो रहा है हालांकि उन्होंने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं देश में अब तक सात लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चके हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर बासठ दशमलव छह एक प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बाईस हजार छः सौ चौंसठ लोग ठीक हुए देश में इस समय संक्रमण के तीन लाख नब्बे हजार चार सौ उन्सठ सक्रिय मामले हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण के चालीस हजार चार सौ पच्चीस नये मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या ग्यारह लाख अट्ठारह हजार तैंतालीस हो गई है यह भारत में इस संक्रमण के फैलने से लेकर अब तक एक दिन में नये मामलों की सबसे अधिक संख्या है एक दिन में छः सौ इक्यासी लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या सत्ताईस हजार चार सौ सत्तानबे हो गई है देश में मृत्यु दर लगातार घट रही है और यह दो दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में कुल दो लाख छप्पन हजार उन्तालीस टेस्ट किए गए अब तक एक करोड़ चालीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ आठ टेस्ट किए जा चुके हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार नौ सौ चौबीस नये मामले सामने आए जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर उन्नीस हजार एक सौ सैंतीस हो गई है अब तक तीस हजार आठ सौ सैंतीस मरीजों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है प्रदेश में अब तक कुल एक हजार एक सौ बानबे लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो अलीगढ़ की ओर से कल एक वेबिनार का आयोजन किया गया इसमें कोरोना महामारी से अग्रिम पंक्ति पर लड़ने वाले पत्रकार समाजसेवी सरकारी कर्मचारी व अन्य लोगों ने भाग लिया कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करने वाले कई लोगों ने बीमारी के दौरान के अपने अनुभव साझा किए पत्रकार श्वेता झा ने वेबिनार में बताया कि ऑफिस में कार्य के दौरान उन्हें भी कोरोना संक्रमण हुआ था लेकिन सभी एहतियात बरतने और चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए परामर्श का पालन करके उन्होंने बीमारी पर विजय हासिल की वेबिनार के दौरान पीआईबी व आरओबी के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़कर जीते व्यक्तियों के अनुभवों से अन्य लोगों को हौसला मिलेगा उन्होंने आशा जताई कि देश जल्द ही कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को जीतने में सफल होगा प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गयी वाराणसी चंदौली जौनपुर आजमगढ़ सिद्वार्थनगर कौशाम्बी क्शीनगर कानपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में कल दिन में वर्षा होने के समाचार हैं गोरखपुर पीलीभीत और बदायूं में भी बादल छाए हैं और बूंदाबांदी जारी है मौसम विमाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जतायी है वहीं विभाग ने एक अन्य चेतावनी में अगले चार दिनों के दौरान एक या दो स्थानों पर भारी से ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है उधर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन व्रिज और बलिया के तुर्तीपार में तथा राप्ती नदी गोरखपुर के बर्डघाट और कुआनो नदी गोण्डा के चन्द्वीप घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं